स्लग प्रकाश जावडेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देश के सभी केबल ऑपरेटरों को दूरदर्शन के सभी चैनल अनिवार्य रूप से दिखाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के सभी चैनलों को दिखाना अनिवार्य है जबकि कई डिजिटल ऑपरेटर दूरदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं श्री जावडेकर ने कहा कि दूरदर्शन के सभी चौबीस चैनलों को दिखाना बाध्यकारी है

एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप्प पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार पद संभालने के बाद यह कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करने के लिए कहा है मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के कई हिस्सों में जल की कमी के बीच जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने और पानी बचाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया था

अगर महिलाएं मजबूत हुई तो परिवार समाज और देश मजबूत होगा उन्होंने देहरादून में उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत कॉमन फैसिलिटी सेन्टर के अधीन संचालित द्विवर्षीय महिला कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की गरीबी को दूर करने के लिए यहां की महिलाओं को हुनरमंद बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की जा रही है उद्यमिता के क्षेत्र में महिलायें पांच हजार तक ओवरड्राफ्ट ले सकती हैं

उन्होंने महिलाओं से पुष्प उत्पादन धूप अगरबत्ती बनाने की दिशा में भी आगे आने की अपील की

उन्होंने केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आईफेड पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्या दो को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए जलागम मंत्री ने कहा कि जलागम की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से परियोजना क्षेत्रों में लगभग छह हजार हेक्टेयर में पौधरोपण और पुनरोद्वार कार्य किए गए हैं

स्लग होम स्टे योजना रुद्रप्रयाग पहाड़ के आर्थिक सुद्रढ़ीकरण स्वरोजगार के लिए पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होम स्टे योजना की बैठक रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ स्थित तुंगनाथ मंदिर प्रांगण मक्कूमठ में आयोजित की गई बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि मक्क जगपुडा और पाव को आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित किया जा सकता है उन्होंने पहाड़ी संस्कृति विरासत सभ्यता शैली की जानकारी देश विदेश तक पहुंचाने के लिए होम स्टे को पहाड़ी परम्परागत काष्ठ और पठालों से निर्मित करने का सुझाव दिया उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस दिशा में कार्य करने को कहा इस मौके पर पर ग्राम पंचायत मक्कू पाव जगपुडा के ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा

कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला ने इस बात की जानकारी दी आकांक्षी जनपद योजना के तहत उधमसिंह नगर जिले में भी कार्य किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पेयजल विद्युतीकरण आदि में सुधार लाने के लिए जो मापदंड तय किये गये हैं उन्हीं के अनुसार इन कार्यों में तेजी लाकर प्रगति करना इस योजना का उद्देश्य है

देहरादून टिहरी उत्तरकाशी पौड़ी उधमसिंह नगर और नैनीताल में बारिश की खबर है उत्तरकाशी में रही बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ेथी के पास मलबा आने का सिलसिला जारी है इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है अन्य जिलों में भी कुछ ग्रामीण मोटरमार्ग बाधित हैं सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों कुछ दिनों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में इस बात पर भी विचार विमर्श होगा कि हिमालयी राज्य न्यू इंडिया में कैसे योगदान दे सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं कॉन्क्लेव में इस बात पर भी मंथन होगा कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए किस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है इससे प्राप्त निष्कर्षों का ड्राफ्ट नीति आयोग को सौंपा जाएगा एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को कैबिनेट निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं

इस संबंध में जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग की बैठक ली उन्होंने मोरी हरकीदून डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए स्थानीय लोक प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना के लिए जमीन रोपवे चेयर लिफ्ट लगाने आदि के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिये उन्होंने डेस्टिनेशन के अन्तर्गत पहाड़ी विलेज के रूप में शांकरी को विकसित करने और होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए

जिला प्रशासन की टीम ने एसडीएम की अगुवाई में नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर में सरकारी भूमि पर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया राजकीय इंटर कालेज की भूमि में कच्चे ओर पक्के मकानों को भी हटाया गया एसडीएम ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी स्लग विरोध अल्मोड़ा पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल करने और दो बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के फैसले का अल्मोड़ा के पंचायत जनाधिकार मंच ने विरोध किया है पंचायत एक्ट में संशोधन के खिलाफ मंच ने बैठक में पंचायत एक्ट में संशोधन को गैरजरूरी बताया

बैठक में बरसात के सीजन में होने वाले डायरिया से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों और दवाओं की जानकारी को स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई